झारखंड के बासठ बाल श्रमिकों को दिल्ली से कराया गया मुक्त

पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन सौ पांच नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि चार संक्रमितों की मौत को अलावा चौसठ मरीजों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छट्टी दे दी गई नए मरीजों में सबसे ज्यादा रांची से साठ चतरा से संतावन साहेबगंज से बाइस गढ़वा से तेईस और लातेहार से बैयालीस लोग शामिल हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम गोड्डा हजारीबाग और रामगढ़ में एक एक कोरोना मरीज की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर पांच हजार एक सौ दस हो गई है इसमें दो हजार चार सौ सतासी सक्रिय मामले हैं जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दो हजार पांच सौ सतहतर और मृतकों की संख्या छियालीस है इस तरह राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर लगभग पचास प्रतिशत रह गई है विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम और बचाव को लेकर बेहतर कार्य कर रही है

रांची में कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए टेस्टिंग सेल का गठन किया गया है इसमें जांच का प्रा ब्यौरा रखा जाएगा उपायुक्त छवि रंजन ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कहा कि सेल के इंसीडेंट कमांडर को हर तीन घंटे में रिपोर्ट देनी होगी इसके अलावा संक्रमित के भर्ती किए जाने के चौबीस छत्तीस और बहत्तर घंटे की रिपोर्ट भी देनी होगी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कांट्रैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल कलेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया दूसरे राज्यों से झारखंड आनेवाले सभी लोगों को अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी राज्य सरकार की वेबसाइट पर देनी होगी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नए गाइडलाइन जारी किए हैं यह बीस जुलाई से प्रभावी होगा इसके तहत झारखंड आनेवाले सभी लोगों को अब चौदह दिनों के लिए होम क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी यह गाइडलाइन व्यापारिक वाहनों के कर्मियों कार्गो गतिविधियों एयरलाइन के कर्मी झारखंड से यात्रा कर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे लोगों और झारखंड़ में व्यापार या कार्यालय के काम से आनेवाले लोगों पर लागू नहीं होगा लातेहार जिले में चौबीस पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है ये सभी कोर्रोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी छिपादोहर थाने में पदस्थापित हैं इसके अलावा मगध कोल परियोजना के एक सुरक्षाकर्मी और बारियातू अंचल के कर्मी के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है इधर जिले के चंदवा और रूद गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है छिपादोहर थाना परिसर को भी सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है वहीं कोडरमा जिले में उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले आठ लोगों को अस्पतालों से छट्टी दे दी गई है निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उप चुनाव होने हैं

राज्य के कारागारों से रिहा होनेवाले बुजुर्ग बंदियों को राशन कार्ड पेंशन और आवास योजना का लाभ दिया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में अधिकारियों को इसके लिए नीति बनाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि कारागारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बंदियों के अपराध की प्रकृति की सूची बनाई जाएगी और उसके अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल से रिहा होने के पहले बंदियों का मनोचिकित्सक से काउंसिलंग कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी श्री सोरेन ने यह भी कहा कि जघन्य अपराधों को छोड़कर अन्य बंदियों के अपराध की प्रकृति आचरण उम्र कारा में व्यतीय वर्ष और उनकी आपराधिक मानसिकता के साथ उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया झारखंड के बासठ बच्चे दिल्ली के विभिन्न इलाकों से रेस्क्यू कराए गए हैं इनमें तिरपन लड़कियां और नौ लड़के शामिल हैं मानव तस्करों ने इन बच्चे बच्चियों को घरों कल कारखानों और होटल रेस्टोरेंट संचालकों के हवाले कर दिया था दिल्ली पुलिस और बाल संरक्षण के लिए काम कर रही संस्थाओं की मदद से छड़ाए गए इन बच्चे बच्चियों को अलग अलग बालगृहों में रखा गया है उधर दिल्ली स्थित झारखंड भवन की नोडल पदाधिकारी ने रेस्क्यू किए गए बर्च्यो की सूची उन पंद्रह जिलों को भेज दी है जहां के वे रहने वाले हैं इन बच्चों को हवाई मार्ग या रेल से झारखंड लाने के लिए रांची से एक टीम दिल्ली जाएगी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीटिएट के नतीजे घोषित कर दिए हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा परिणाम जारी किया इस बार कला में बिरासी दशमलव पांच तीन वाणिज्य में सतहतर दशमलव तीन सात और विज्ञान में अंठावन दशमलव नौ नौ प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे हैं वहीं कला में सिमडेगा वाणिज्य में लोहरदगा और विज्ञान में हजारीबाग का सबसे बेहतर रिजल्ट रहा है कला में जमशेदपुर वीमेंस कालेज की छात्रा नंदिता हरिपाल वाणिज्य में सेंट जेवियर्स कालेज रांची के शुभम कुमार ठाकुर और विज्ञान में गिरिंडीह के सरिया स्थित प्लस ट्र एसआरएसआर उच्च विद्यालय के छात्र अमित कुमार स्टेट टापर बने हैं

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में प्रवेश को लिये इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में न्यूनतम पचहतर प्रतिशत अंक की शर्त नहीं होगी आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों

खेल विभाग द्वारा नई खेल नीति का मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के समक्ष प्रेजेंटशन दिया गया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे खिलाड़ियों का डेटा बेस तैयार करें ताकि खेलों के विकास के साथ खिलाडियों की प्रतिभा सामने आ सके उन्होंने खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खेल नीति में प्रावधान करने का सुझाव दिया इस मौके पर खेल विभाग की ओर से बताया गया कि सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने खेलों का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण खिलाड़ियों के लिए कल्याण कोष स्वास्थ्य और खिलाड़ी बीमा खिलाड़ियों प्रशिक्षकों और खेल संस्थानों के लिए अवार्ड देने आदि समेत कई प्रावधान किए गए हैं

सीबीडीटी ने कहा है कि इस दौरान उन्नीस लाख आयकर दाताओं के मामले निपटाते हुए चौबीस हजार छह सौ तीन करोड रुपये का रिफंड जारी हुआ

हालांकि पहले से चल रही योजनाओं का कार्य जारी रहेगा